मुख्यमंत्री के अधिकारियों को निर्देश जनशिकायतों के निपटारे को दें सर्वोच्च प्राथमिकता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

इनमें राज्य केन्द्र सरकार और सशस्त्र बलों के स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता शामिल हैं

जयराम ठाकुर ने बताया कि सबसे पहले ये खुराक शिमला स्थित राज्य वैक्सीनेशन स्टोर में लाई जाएगी जहां से इसका वितरण होगा मुख्यमंत्री ने बर्ड प लू निगरानी की समीक्षा बैठक भी की और सभी उपायुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन भी किया है मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे उच्चतम न्यायालय की यह पीठ संसद द्वारा पारित तीन नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी बल्कि वह अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्र स्तुत करेगी प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निकायो के नवनिर्वाचित सदस्यों से समर्पण की भावना से लोगों की सेवा करने का आहवान किया है शिमला में आज विधायक राकेश जम्वाल के नेतृत्व में उनसे मिलने आए नगर परिषद सुंदरनगर के नवनिर्वाचित सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट के दौरान उन्होंने ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसेवा चुने हुए प्रतिनिधियों का पहला धर्म है कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए मतदाताओं का आभार प्रकट किया है शिमला से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को जनादेश देकर भाजपा सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ फैसला दिया है वीरभद्र सिंह ने कहा कि सुन्नी रोहडू रामपुर और अर्की सहित अनेक स्थानों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को भारी बहुमत मिला है इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया है शिमला में आज उनसे मिलने आए नवनिर्वाचित सदस्यों से बातचीत के दौरान उन्होंने सभी से अपने अपने क्षेत्र की जनभावनाओं पर खरा उतरने का आहवान किया भाजपा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि नगर निकाय चुनावों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसे लेकर तथ्यहीन ब्यानबाजी कर रही है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों पर विश्वास जताकर ही मतदाताओं ने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डाले हैं सुरेश कश्यप ने दावा किया कि यदि नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर हो तो उसमें भी भाजपा बहुमत हासिल करेगी शिकायत निवारण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को जनशिकायतों के निपटारे को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं शिमला में आज मुख्यमंत्री हैल्पलाईन सेवा की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि ये हैल्पलाईन लोगों की शिकायतों के निपटारे मे वरदान साबित हो रही है

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रशासनिक सचिवों को शिकायतों के निवारण पर विशेष बल देना चाहिए और लंबित मामलों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए उन्होंने शिकायतों के निपटारे के लिए कुछ उपायुक्तों द्वारा की गई पहल की सराहना भी की

दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नौजवानों को देश का भाग्य लिखने के लिए आगे आना चाहिए स्वामी विवेकानंद का जि क्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामीजी ने हमेशा नौजवानों की शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमताओं के विकास पर जोर दिया स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रदेशभर में भी कई कार्य क्र म आयोजित किए गए हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना सं क्रमण से ठीक होने की दर में वृद्धि लगातार जारी है

जैवविविधता राज्य जैव विविधता बोर्ड और प्रैस क्लब शिमला द्वारा आज शिमला में जैव विविधता संरक्षण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया बोर्ड के संयुक्त सदस्य सचिव निशांत ठाक्र ने इसकी अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि जैव विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन में हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में से एक हैं

निशांत ठाक्र ने बताया कि प्रदेश के कुछ भागों में दुर्लभ जड़ी बूटियों की खेती शुरू हुई है और इससे लोगों के आजीविका के साधन बढ़ेंगे

चुनाव के दिन संबंधित पंचायतों में अवकाश रहेगा जो दैनिकभोगी कर्मचारियों को भी मान्य होगा सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि चुनाव के दिन पंचायत क्षेत्र में सभी सरकारी कार्यालय बोर्ड निगम शैक्षणिक संस्थान औद्योगिक प्रतिष्ठान और दुकाने बंद रहेंगी